गृह मंत्रालय ने राज्यों से लॉकडाउन सम्बंधी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक हजार एक सौ चौरासी हुई आठ जिले कोरोना मुक्त घोषित किए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनन्द सिंह बिष्ट का लम्बी बीमारी के बाद कल नई दिल्ली में निधन

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में बताया कि कोविड नाइन्टीन से संक्रमितों की संख्या सत्रह हजार दो सौ पैंसठ हो गई है अब तक दो हजार पांच सौ छियालीस लोग स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन लागू होने से पहले कोरोना के मरीजों की संख्या लगभग साढ़े तीन दिन में दोगुनी हो रही थी लेकिन अब स्थिति में सुधार हुआ है और मामले साढ़े सात दिन में दोगुने हो रहे हैं अधिकारी ने बताया कि तेइस राज्यों के उन्सठ जिलों में पिछले चौदह दिन से कोरोना का कोई मरीज सामने नहीं आया है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के अनुपालन पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी प्रकार का उल्लघंन होने पर राज्य सरकारों के साथ चर्चा कर उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत राज्यों के लिए लॉकडाउन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करवाना अनिावार्य है

मंत्रालय ने पत्र में कहा है कि कुछ राज्य ऐसे कार्यों की अनुमति दे रहे हैं जो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में नहीं दिए गए हैं मंत्रालय की प्रवक्ता ने कल नई दिल्ली में कहा कि लॉकडाउन के उल्लंघन की खबरें मिल रही हैं जिनसे लोगों के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है और कोविड नाइन्टीन के फैलने का जोखिम उत्पन्न हो सकता है कोरोना के इलाज से सीधे तौर पर जुड़े स्वास्थ्यकर्मियों पर हिंसा परस्पर सुरक्षित दूरी के पूरी तरह से उल्लंघन और शहरी क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही की घटनाएं हुई हैं केंद्र सरकार ने कोविड नाइन्टीन की स्थिति के ऑन स्पॉट आकलन इसके समाधान के लिए राज्य प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश देने और केंद्र सरकार को उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए छह अंतर मंत्रालय टीमों का गठन किया है ये टीमें दिशा निर्देशों के अनुरूप लॉकडाउन के अनुपालन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने इलाज की तैयारी स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा और कामगारों तथा गरीबों के लिए राहत शिविरों की शर्तों पर ध्यान केंद्रित करेंगी

उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन के नियमों तथा सोशल डिस्टेन्सिंग के नियमों का कड़ाई से पालन आवश्यक है मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ उद्योगों को संचालित किए जाने की सशर्त अनुमति दी गई है यह सुनिश्चित किया जाये कि अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न होने पाए कार्य योजना बनाकर एक्सप्रेस वे परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये

सबसे ज्यादा तीस मामले कानपुर नगर में मिले हैं यहां अब कुल संक्रमितों की संख्या साठ पहुंच गई है राज्य में कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक दो र्सो इकतालीस मरीज आगरा जिले में हैं इसके बाद लखनऊ में एक सौ सड़सठ और गौतमबुद्द नगर में एक सौ लोग कोविड नाइन्टीन से संक्रमित हैं प्रदेश में एक सौ चालीस लोग बीमारी से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में अब तक आठ जिले कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं

इस कार्यक्रम की यह चौसठवीं कड़ी होगी प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है

वह नवासी वर्ष के थे

श्री योगी ने लॉकडाउन के कारण अपने पिता के अन्तिम संस्कार में नहीं जाने का निर्णय लिया है उन्होंने अन्य लोगों से भी अपील की है कि लॉकडाउन के मद्देनजर कम से कम लोग ही अन्तिम संस्कार में शामिल हों श्री योगी को कल जब यह दुखद समाचार मिला तब वह लखनऊ में उच्चाधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने सम्बन्धी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे पिता के निधन का समाचार मिलने के बाद श्री योगी ने कहा कि उनके जीवन में पिता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा थी कि वह पिता के अन्तिम दर्शन कर सकें लेकिन कोरोना संक्रमण से प्रदेशवासियों की सुरक्षा उनका प्रथम कर्तव्य है प्रदेश की राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह भाजपा संगठन मंत्री सुनील बंसल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित कई राजनेताओं समाजसेवियों और गणमान्य नागरिकों ने मुख्यमंत्री के पिता के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए अपनी संवेदनाएं प्रेषित की हैं

हमारे संवाददाता ने बताया कि सामाजिक दूरी के नियमों और ऐहतियाती उपायों के साथ कुछ जिलों में सीमित स्तर पर निर्माण कार्य और अन्य आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं जिन जिलों में स्थानीय प्रशासन ने लॉकडाउन में ढील देते हुए औद्योगिक इकाइयों को शुरू करने की अनुमति दी है वहां पर स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है राज्य सरकार ने उन छात्रों को क्वारंटीन करने का निर्देश दिया है जो हाल ही में राजस्थान के कोटा से वापस लौटे हैं अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा कि ऐसे दस हजार से अधिक छात्रों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के बाद ही घर जाने की अनुमति दी जाएगी

जिले में आवश्यक सेवाओं से संबंधित सरकारी कार्यालय खुलेंगे कार्यालयों में सामाजिक दूरी के नियम का पालन अनिवार्य होगा

बैंकिंग सेवा में निर्धारित तिथियों पर अंकों के अनुसार निर्धारित खाताधारकों को धनराशि जमा करने और निकालने की अनुमति होगी

यहां कल से कुछ आवश्यक गतिविधियों को शर्तों के साथ शुरू करने की अनुमति दी गयी जिले में सरकारी कार्यालयों में निर्वारित नियमों के अनुसार कामकाज शुरू हुआ कृषि स्वास्थ्य पशुपालन बैंकिंग आंगनबाड़ी आवश्यक सामग्री की दलाई ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा के कार्यों की अनुमति दी गयी ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम भी शुरू किया गया है जिले में निजी कार्यालयों और दुकानों को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं है

जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है और पहले से ज्यादा सख्ती बरती जा रही है जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि कुछ लोगों में भ्रम है कि लॉकलाउन हटा दिया गया है उन्होंने कहा कि केवल कृषि संबंधी कार्यों को छूट दी गयी है उन्होंने जिले को कोरोना मुक्त बनाए रखने के लिए लोगों से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने की अपील की है प्रदेश पुलिस कानून व्यवस्था की रखवाली के साथ साथ लॉकडाउन के दौरान सामाजिक सरोकारों को भी निभा रही है ए डी सी पी सेन्ट्रल लखनऊ चिरंजीव नाथ सिन्हा जब कल सुबह ड्यूटी पर थे उसी समय लखनऊ के आलमगंज क्षेत्र सें एक व्यक्ति का फोन उनके पास आया और उसने अपनी बहन के गले में कैंसर के कारण तबीयत अत्यंत खराब होने के साथ ब्लीडिंग होने की जानकारी दी सूचना मिलते ही श्री सिन्हा स्थानीय पुलिस के साथ स्वयं मौके पर पहुंचे और बिना समय गंवाए पीड़िता को अपनी गाड़ी से ले जाकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया प्रदेश के कई इलाकों में कल तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वर्षा के समाचार हैं गोरखपुर अयोध्या बलरामपुर सीतापुर मैनपुरी लखीमपुर खीरी बदायूं बरेली पीलीभीत और चित्रकूट समेत कई जनपदों में हल्की से तेज वर्षा होने के कारण गेहूं की कटाई प्रभावित हुई है बरेली के भुता में आकाशीय बिजली गिरने से तीन लोगों की मृत्यु और पांच लोगों के झुलस जाने के भी समाचार हैं

मृतक महेवा घाट थाना के अंतर्गत रानीपुर के रहने वाले थे पुलिस के अनुसार एक किशोर को बचाने के प्रयास में दूसरा किशोर भी डूब गया